कलेक्टर अपने जिलों के मीसा बंदियों का सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे और वास्तविक मीसाबंदी पाये जाने पर कलेक्टर पेंशन दोबारा शुरू कर सकेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के भुगतान में बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय किये जाने की स्थितियाँ संज्ञान में आयी है आगे ऐसा न हो इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाये जाने की आवश्यकता है

पुलिस अवकाश प्रदेश में आज से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिये जायेंगे

पुलिसकर्मियों को अवकाश के लिये पुलिस अधिक्षक जिले में थाना और चौकियों में पदस्थ कर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों को पहला वीकऑफ आज मिलेगा इस दिन आठ इंस्पेक्टर सहित चार सौ पचास पुलिसकर्मी छुट्टी पर रहेंगे वहीं छिंदवाड़ा में भी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश आज मिलेगा

ई टेंडरिंग मामले की जांच कर रही राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू में इसी बैच के वरिष्ठ अधिकारी के एनतिवारी की पदस्थापना की गई है वहीं आईपीएस मध्य कुमार को ईओडब्ल्यू से नार्कोटिक्स में पदस्थ किया गया है इन्दौर एडीजी अजय शर्मा को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है वहीं नार्कोटिक्स के एडीजी वरूण कपूर को इन्दौर जोन का एडीजी बनाया गया है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के सरोजनी नायड् शासकीय कन्या महाविद्यालय में स्वस्थ नारीः स्वस्थ प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्त्री अपने परिवार की धुरी होती है इसलिये उसका स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है राज्यपाल ने बताया कि मध्यप्रदेश में आने के बाद उन्होंने डॉक्टर्स से इस बारे में विचार विमर्श किया आय्र्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से प्रदेश के सभी कॉलेजों की छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट करने को कहा

एक वर्ष में लगभग ढाई लाख छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने का लक्ष्य है

विज्ञान कांग्रेस एक वार्षिक सम्मेंलन है जिसमें देश की शीर्ष विज्ञान प्रतिभाएं चर्चा और विचार विमर्श करती हैं इस वर्ष के विज्ञान कांग्रेस का विषय है भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी

उन्होंने कहा कि इस मामले में कोताही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी श्री सिंह कल मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मूल्यांकन के नाम पर काफी विलंब होता है और हितग्राही परेशान होता है इसलिए कागजी कार्यवाही में अनावश्यक देरी न की जाए श्री सिंह ने नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं पार्षद के मानदेय बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव बनाने को कहा नगरीय विकास मंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में आवारा पश्ञों विशेषकर गायों के विचरण पर रोक लगाने को कहा उन्होंने इसके लिए नगर पंचायत में गौशाला खोलने अथवा ऐसी प्रोत्साहन नीति बनाने को कहा जो पशु पालक के आय का स्रोत बने और वे गायों का पालन पोषण करें अवैध उत्खनन खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने सभी जिला कलेक्टरों को खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भण्डारण को सख्ती से रोकने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि इस रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाये श्री जायसवाल ने कहा कि अभियान में जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स समिति का सहयोग लिया जाये

पखवाड़े के दौरान अभियान में की गई कार्रवाई की हर दिन समीक्षा की जाये प्रमुख सचिव खनिज साधन नीरज मंडलोई ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं कि अभियान के अंतर्गत की गई कार्रवाई प्रतिदिन एक प्रपत्र में भेजें कुलपति नियुक्ति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संस्कृति सचिव रेनू तिवारी को ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है गौरतलब है कि इससे पहले संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को विश्वविद्यालय के क्लपति पद का कार्य संपादित करने के लिए नियुक्त किया गया था श्री श्रीवास्तव का स्थानांतरण अन्य विभाग में हो गया है लिहाजा रेनू तिवारी को कुलपति का पद भार सौंपा गया है

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़े और शासकीय स्कूलों में अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रवेश लें इसके लिए आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं उन्होंने प्रतिर्योगिता का ध्वजारोहण कर मुक्त आकाश में गुब्बारो को छोड़ा और खेल आयोजन का श्भांरभ किया श्री चौधरी ने बालक और बालिका की पहली ताईक्वांडो प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका भी निभाई

प्रतियोगिता के विजेता जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे